भारतीय जनता पार्टी आज कर सकती है अपनी पहली सूची की घोषणा

कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कमलनाथ और भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली कमान

अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार उसी दिन से नामांकन पत्र भर सकेंगे

मैं भी चौकीदार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपने समर्थकों से मैं भी चौकीदार की प्रतिज्ञा की अपील के बाद कई केन्द्रीय मंत्रियों मुख्यमंत्रियों और भाजपा नेताओं ने आज ट्वीटर पर संकल्प लिया और माइको ब्लोगिंग साइट पर अपने नाम से पहले चौकीदार जोड़ा है श्री मोदी ने इस ट्विट में साफ तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है जो प्रधानमंत्री का नाम लिये बिना उनकी आलोचना करते रहे हैं

आयोग ने अब चुनाव घोषणा पत्र को आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है इसके लिए पार्टियों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है

इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा

आयोग के अनुसार यह प्रावधान आगामी सभी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता का अंग रहेगा और इसे लागू किया जाएगा

नई दिल्ली में कल पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों की स्वीकृति दी अरुणाचल प्रदेश से दो और छत्तीसगढ़ से पांच उम्मीदवारों की घोषणा की गयी है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने आज लखनउ में इसकी घोषणा की वहीं भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आज जारी होने की संभावना है केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने पर विचार विमर्श हुआ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता की पार्टी ने आंध्रप्रदेश और अरूणाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिये अपने उम्मीद्वारों की सूची जारी कर दी है

कांग्रेस की ओर से जहां कमान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभाल रखी है वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह प्रचार में लगे हुए है मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव प्रचार के लिये कल से छिंदवाडा दौरे पर हैं श्री नाथ ने छिंदवाड़ा जिले में कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया उधर भाजपा द्वारा विजय संकल्प अभियान के तहत आज सागर के देवरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने जनसभा को संबोधित किया साथ ही दमोह और टीकमगढ जिलों में भी जन सभाएं आयोजित की गई वहीं कल छतरपुर पन्ना सतना जिलो में पार्टी नेता रैलियां करेंगे बहुजन समाज पार्टी के लोकेन्द्र सिंह राजपुत ने आज अशोकनगर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उनकी पार्टी बेराजगारी शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी वहीं भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक कल भोपाल में आयोजित की जाएगी जिसमें लक्ष्य हमारा मोदी दुबारा अभियान शुरू होगा

उमरिया कलेक्टर अमर पाल सिंह और भिंड कलेक्टर छोटे सिंह को हटाया गया है श्री सिंह को मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया गया है भाजपा द्वारा उमरिया कलेक्टर के खिलाफ चुनाव प्रभावित करने की शिकायत की गई थी उनके स्थान पर स्वरोचिष सोमवंशी को कलेक्टर बनाया गया है वहीं डाक्टर विजय कुमार जे को भिंड कलेक्टर नियुक्त किया गया है आयोग के निर्देश पर जबलपुर पुलिस अधीक्षक अमित सिंह और सिंगरौली एसपी हितेश चौधरी को भी हटा दिया गया है भाजपा ने मंत्री लखन घनघोरिया के भांजे की बारात में अमित सिंह द्वारा डांस किये जाने की शिकायत की थी वहीं हितेश चौधरी कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के भाई है

मयंक अवस्थी पन्ना के नये पुलिस अधीक्षक नियुक्त किये गये हैं चुनाव वार्ता संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल कल शाम चीफ इलेक्शन आफिसर फेसबुक पेज पर प्रदेश के मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री अग्रवाल मतदाताओं की सुविधा के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे

भगोरिया पर्व प्रदेश के आदिवासी बहल झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में इन दिनों आदिवासियों के प्रमुख पर्व भगौरिया की धूम है आदिवासी परंपरा के अनुसार ढोल मांदल की थाप पर नाचते गाते और सजसंवरकर आदिवासी भगौरिया पर्व पर आयोजित मेले में पहुंच रहे हैं मेले में झूले और चकरी का भी आनंद लिया जा रहा है वहीं राजनीतिक दल भी इन हाट बाजारों में रंगारंग गैर निकाल रहे हैं जगह जगह पंच सरपंच और पटेलों का साफा बांधकर सम्मान किया जा रहा है साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जगह जगह ईवीएम मशीनों और वीवीपेट मशीनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिये जागरूक किया जा रहा है मौसम प्रदेश में मौसम में बदलाव का दौर जारी है

जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई ग्वालियर उज्जैन इंदौर होशंगाबाद और शहडोल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य रहा शेष जिलों में तापमान में कमी देखी गई राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाये हुए हैं

राज्य में सबसे अधिक तापमान छत्तीस डिग्री सेल्सियस खरगोन में रिकार्ड किया गया वहीं उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की पाली जनपद में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई मौसम विभाग ने रीवा शहडोल जबलपुर सागर और भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है

साथ ही मतदाताओं को शपथ दिलाई गई